संसद का शीतकालीन सत्र शुरु होने से पहले संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि इस सत्र की खास बात यही है कि यह वर्ष दो हजार उन्नीस का आखिरी सत्र और राज्यसभा का दो सौ पचासवां सत्र है श्री मोदी ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में उन्हें लगभग सभी राजनीतिक दलों के नेताओं से मिलने का अवसर मिला प्रधानमंत्री ने कहा कि संसद का पिछला सत्र अभूतपूर्व रहा और सभी सांसदों ने इसमें योगदान किया और सक्रिय रुप से हिस्सा लिया सभी मुद्दों पर खुलकर बहस करने का आह्वान करते हुए श्री मोदी ने कहा कि चर्चा रचनात्मक होनी चाहिए और सभी सदस्यों को चर्चा उपयोगी बनाने में सहयोग करना चाहिए

आप्सू का कहना है कि नागरिकता संशोधन विधेयक अरुणाचल प्रदेश सहित पूर्वोत्तर के मूल नागरिकों के हितों के खिलाफ है छात्र संघ ने केंद्र सरकार से पूर्वोत्तर के लोगों की भावनाओं और स्थानीय हितों का ध्यान रखने की मांग की है

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में उन्हें पद की शपथ दिलाई न्यायमूर्ति रंजन गोगोई के रविवार को सेवानिवृत्त हो जाने के बाद श्री बोबड़े भारत के मुख्य न्यायधिश बने है

न्यायमूर्ति बोबड़े का कार्यकाल तेईस अप्रैल दो हजार ईक्कीस को समाप्त होगा न्यायमूर्ति बोबड़े को बारह अप्रैल दो हजार तेरह में उच्चतम न्यायालय के न्यायधीश के रुप में नियुक्त किया गया था वे ऐतिहासिक अयोध्या फैसला सुनाने वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ में शामिल थे

नामसाई में सोलह नवंबर को आयोजित राष्ट्रीय प्रेस दिवस समारोह के अवसर पर यह पुरस्कार दिया गया अरुणाचल प्रदेश प्रेस समुदाय ने राज्य के इलेट्रॉनिक मीडिया के अग्रणी दिवंगत तारो चातुंग को श्रद्धांज्लि देते हुए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उत्कृष्टता के लिए चातुंग पुरस्कार कि शुरुआत की इस पुरस्कार के पहले संस्करण में राज प्रधान य्वराज मेहता और सांगे ड्रोमा बोडोई विजेता रहे

संगठन के सेल्फ स्टाईल्ड कमांडर इन चीफ द्रष्टी राजखोआ के हस्ताक्षरीत विभिन्न राजनीतिक दलों के राजनेताओं के नाम लिखे पत्र बरगोहाई से बरामद किया गया बरगुहाई को पुलिस हिरासत में सात दिन की रिमांड पर जांच पड़ताल के लिए भेज दिया गया है

तिराप जिले के विभिन्न क्षेत्रों से तीन सौ से ज्यादा मरीजों को इस शिविर से लाभ पहुंचा डी आई पी आर विज्ञप्ति में कहा गया है कि पच्चीस मरीजों को मोतियांबिंद के निशुल्क ऑपरेशन के लिए दृष्टी नेत्रालय अस्पताल डिब्रगड़ में भेजा गया है गौरतलब है कि अरुणाचल विकास परिषद रोगियों के परिवहन और अन्य शुल्कों को वहन करेगा

उन्होंने परियोजना एजेंसियों के साथ योजना के प्रगति की जानकारी ली और गुणवत्ता के साथ समय समय पर काम पूरा करने का निर्देश दिया श्री वुई ने गांवो को सड़क संपर्क से जोड़ने की योजनाओं की प्रगति का जायजा लेते हुए स्थानीय प्रशासन और नागरिकों के साथ मिलकर कार्य को प्ररा करने और नियमित निगरानी एवं समीक्षा पर जोर दिया

इसका उद्घाटन अरुणाचल प्रदेश बटालियन के कमांड़ेंट एम हर्षवर्धन ने किया उन्होंने युवाओं से खेल भावना के साथ प्रतियोगिता में हिस्सा लेने और जीवन में अनुशासन को बनाए रखने का सुझाव दिया